कोवि महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा हण आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

इस योजना में महाक्म्भ के बाद कार्य श्रू किया जायेगा

इसके अलावा चालकों की लापरवाही से होने वाली दर्घटनाआ पर रोक लगाने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया हण मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा हण इसके लिए सभी निविदाएं ई टेण्यरिंग और समस्त भ्गतान ई पेमेंट के माध्यम से किये जा रहे हैं

इसमें चमोली रुद्रप्रयाग अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों को शामिल किया गया है

बजट रिएक्शन राज्य सरकार के बजट पर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों और विभिन्न वर्गों ने मिलीज्ली प्रतिक्रिया व्यक्त की है भारतीय जनता पार्टी ने जहां बजट को विकासोन्मुखी बताया है वहीं कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक बताया

राज्य में मेपिकल और प्रशामेपिकल स्टाफ के रिक्त पद भरे जा रहे हैं उत्तराखण् अटल आय्ष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश के राज्य कर्मचारियों और पेन्शन धारकों को निशुल्क स्वास्थ्य स्विधा प्रदान किये जाने के लिए गोलान कार्य बनाये जा रहे हैं राज्य में रोजगार एवं स्वरोजगार के माध्यम से लोगों की आर्थिकी में सुधार के प्रयास के क्रम में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मुख्यमंत्री सोलर योजना पिरूल से बिजली बनाने जक्षी नवोन्मेषी कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं

रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक जनपद एक उत्पाद जक्री योजनाएं शुरू की गयी है

जिले के सम्दायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहाघाट टनकप्र बाराकोट पाटी जिला अस्पताल चम्पावत सहित आईटीबीपी और एस एस बी परिसर में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी ॉ आर पी खण्पूरी ने बताया टीकाकरण के लिए पंजीकरण में होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए टीकाकरण केंद्रों में सहयोग किया जा रहा हण अगर कोई व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने में असमर्थ हणतो उनका मौके पर ही पंजीकरण कर टीकाकरण किया जाएगा